पश्चिमी सिंहमूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार मौसम विज्ञान केन्द्र ने अगले तीन दिनों तक राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वान्मान

अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर बाईस हजार छह सौ बहत्तर हो गयी है अच्छी बात यह है कि चौदह हजार एक सौ इक्यासी मरीज स्वस्थ भी हए हैं अब कुल सकिय मरीजों की संख्या आठ हजार छह सौ छत्तीस रह गयी है स्वस्थ होने की दर बढकर बासठ दशमलव पांच चार प्रतिशत हो गयी है कोरोना संकमण से राज्य में अब तक दो सौ उन्नतीस मरीजों की मौत हुई है सबसे अधिक सकिय कोरोना संक्रमितों की संख्या अब रांची जिले में है वहीं सबसे कम सकिय मरीज गोड्डा जिले में रह गए हैं

इसके लिए उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर अलग अलग केंद्रो के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है यह मास टेस्टिंग ड्राइव शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी जगह कराया जाएगा जहां पर लोग अपने कार्य करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सफाई कार्य से जुड़े लोग अपने कार्यस्थल पर ज्यादा लोगों के संपर्क में आनेवाले कर्मियों की भी जांच की जाएगी

सीएमपीडीआई हाई कोर्ट रेड क्रॉस मोरहाबादी होटवार जेल मारवाड़ी भवन सैनिक मार्केट वेयर हाउस कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास प्रखंड कार्यालय रात प्रखंड कार्यालय नगड़ी प्रखंड कार्यालय नामक्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिस्का ओरमांझी सोसई आश्रम मांडर मिडल स्कूल बॉयज बेड़ो बीर बुद्ध भगत इंटर कॉलेज रघुनाथपुर चान्हो अनुमंडल अस्पताल बुंडू निलय कॉलेज ठाकुरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को आधार की तरह स्वास्थ्य पहचानपत्र दिया जाएगा जिसमें उसकी स्वास्थ्य स्थिति उपचार और परीक्षण से संबंधित जानकारी होगी

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्रसरी पृण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि दे रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी

यह राज्य झारखण्ड बिहार मध्यम प्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं को प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरो की प्रगति की निगरानी करते हैं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

इनके पास से दो पिस्तौल दो मैगजीन दो बाइक चार मोबाइल और पोस्टर बरामद किए गए हैं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने बताया कि ये चारों पूर्व में गुदडी गोइलकेरा और सोनुआ थाना क्षेत्र में हत्या पुलिस के साथ मुठभेड़ रंगदारी वसूली और फायरिंग के मामले में भी शामिल रहे हैं सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं

अगले पांच वर्षों में सरकार का लक्ष्य देशभर में और पांच करोड रोजगार सुजित करना है

इसका उद्देश्य फिट इंडिया के प्रति लोगों को जागरुक बनाना है इस अभियान के तहत आई टी बी पी के जवान और अधिकारी दस किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे

नागरिकों के सहयोग से आई टी बी पी ने अगस्त और सितम्बर महीने में इसका आयोजन सभी जगह करने की योजना बनाई है अभियान के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए कई रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे हजारीबाग जिले की अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज आज सड़क द्वर्घटना में घायल हो गई

प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें मांड अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया इस हादसे में उनके सिर पर चोट लगी है एसडीओ के अलावा गाडी में उनका बॉडीगार्ड और डाइवर सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई है चतरा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के किश्नपुर और पनसलवा इलाके में छापामारी अभियान चलाकर भारी मोत्रा में गांजा और अन्य सामान बरामद किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने आज बताया कि एक टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया अभियान के दौरान किशनपुर स्थित प्रीतम यादव के गुमटी से भारी मात्रा में गांजा और अन्य मादक पदार्थ बरामद किया गया उन्होने बताया कि बरामद गांजा और मादक पदार्थों का बाजार मल्य लाखों रूपये में है इस मामले में दुकानदार सह तस्कर प्रीतम यादव को गिरफ्तार कर नशा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है

राजधानी रांची समेत राज्य के हर हिस्से में आज सुबह से रुक रुककर बारिश हो रही है रांची खुंटी लातेहार गढवा गुमला व पलामु में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हई इधर मौसम विभाग ने पूर्वी और परिचमी सिंहमुम सिमडेगा सरायकेला खरसाया पलाम गढवा चतरा कोडरमा लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश की संभावना जताई है रांची समेत आसपास के क्षेत्र में दो दिनों से अच्छी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है वहीं मौसम विभाग ने कई क्षेत्र में वजपात की भी चेतावनी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट में अगले तीन दिनों उन्नीस अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है

इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के पार्टी और देश के लिए किए गए कार्यो को याद किया

पुलिस को यह सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से गांजा लाया जा रहा है इसी सूचना के आधार पर जांच अभियान चला कर खबीर शेख नाम के एक व्यक्ति के पास से लगभग तीन सौ ग्राम गांजा जब्त किया गया गिरफ्तार व्यक्ति मुफसिल थाना क्षेत्र के किस्मत कदमसार का रहने वाला है